राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केन्द्र द्वारा लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढिलाई नहीं दे सकते

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइन जारी की

चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अन्मति दी है राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच स्थित कंटेन्मेंट क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेन्मेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अन्मति नहीं होगी

इस बीच मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए गाइडलाइन जारी की उन्होंने बताया कि चौथे चरण में भी मॉल सिनेमा हॉल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी स्टेडियम में बिना दर्शकों के खेलों का आयोजन हो सकता है धार्मिक स्थानों पर भीड़ प्रतिबंधित रहेगी सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक लॉकडाउन में छूट रहेगी हल्दवानी रुद्रपुर काशीपुर हरिद्वार देहरादून कोटद्वार में वाहनों का आवागमन ऑड और ईवन नंबर से होगा सरकारी कार्यालय दस बजे से शाम चार बजे तक ख्लेंगे अंतरराज्जीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में जल्द फैसला लिया जाएगा

प्रदेश में अब कोई रेड जोन नहीं है बागेश्वर चमोली हरिदवार चंपावत टिहरी पिथौरागढ़ और रुद्वप्रयाग ग्रीन जोन में शामिल हैं अल्मोड़ा देहरादून नैनीताल पौड़ी उत्तरकाशी और उधमसिंहनगर अॅरेंज जोन में शामिल हैं

सुबोध उनियाल प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जल संस्थान और जल निगम की आर्थिक हालत को देखते हए एकीकरण पर जोर दिया है

पर्यटन को बढ़ावा देने में होम स्टे योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हए मुख्य सचिव ने कहा कि सुरक्षित पर्यटन की तर्ज पर बेहतर कनेक्टिविटी सहित आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराकर होम स्टे योजना को मजबूती प्रदान की जानी चाहिए

उन्होंने मेडिकल ट्ररिज्म और आय्ष ट्ररिज्म को भी बढ़ावा देने की बात कही उन्होंने कहा कि राज्य में मेडिकल ट्ररिज्म और आय्ष ट्ररिज्म की बहत अधिक सम्भावनाएं हैं मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ के ट्यूलिप गार्डन की सफलता के लिए अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस प्रकार की अन्य मौसमी प्रजातियों के लिए भी योजनाएं तैयार की जा सकती हैं उन्होंने लॉकडाउन के बाद राज्य में पर्यटन सम्बन्धी आर्थिक गतिविधियों को बल दिये जाने के लिए तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि प्रदेश में लौट रहे प्रवासियों को यहां रोकने के लिए प्रोत्साहन देना होगा उनको स्वरोजगार से जुड़ने के लिए विशेष योजनाएं तैयार करनी होंगी मुख्य सचिव ने प्रदेश में सुरक्षित पर्यटन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया उन्होंने नयी और आकर्षक योजनाओं पर विचार करने की बात कही प्रवासी लौटे लॉकडाउन में प्रवासियों को वापस ला रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है ट्रेनों के जरिये कुमाऊं और गढ़वाल के हजारों लोग लालकुआं जंक्शन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन आ रहे हैं

इनमें प्रदेश के सभी जिलों के यात्री शामिल हैं

अपने घर वापस लौटने की ख्शी यात्रियों के चेहरों पर नजर आ रही थी

उधर चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया और पूलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण कर इस बात की जांच की कि घर लौटे प्रवासी होम क्वारंटीन का पालन कर रहे या नहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विकासखण्ड घाट क्षेत्र के विभिन्न गांवों का भ्रमण किया निरीक्षण के दौरान ग्राम प्रधानों को मास्क भी बांटे गए जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधानों को होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों पर नजर रखने और इसका पालन न करने वाले की सूचना तत्काल संबधित थाना और राजस्व उप निरीक्षक को उपलब्ध कराने को कहा उन्होंने निर्देश दिए कि होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए तत्काल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटी में डाला जाए हर गांव में होम क्वारंटीन लोगों पर निगरानी रखने के लिए शासकीय कार्मिकों की भी तैनाती की गई है

क्लस्टर में उस क्षेत्र की जलवायू और उपज के आधार पर कृषि संबंधित मुख्य गतिविधि निर्धारित की गई है जिससे उत्पादन भी अच्छा हो और काश्तकारों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि प्रवासियों को जिले में ही बेहतर रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिए जिले को उसकी जलवाय् के आधार पर विभिन्न क्लस्टर में बांटा गया है मौन पालन सब्जी फल सब्जी पोल्ट्री के लिये जलवाय् के आधार पर क्लस्टर निर्धारित किये गए हैं जिलाधिकारी ने बताया कि सिंचाई विभाग दवारा गुल का निर्माण कृषि औदयानिक की योजना के आधार पर ही किया जाएगा क्लस्टर में कार्य करने से एक जगह पर एक उत्पाद की मात्रा अधिक होने पर उसकी मार्केटिंग भी आसान होगी क्लस्टर में कार्य करने से दलहन तिलहन सब्जी फल समेत अन्य उत्पाद एक ही जगह पर मिल सकेंगे हाईकोर्ट उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न शहरों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासियों को वापस लाने संबंधी दायर जनहित याचिका पर स्नवाई की कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि प्रवासियों को लाने के लिये कितनी ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं साथ ही अभी तक कितने लोग राज्य में वापस लाया गया है कोर्ट ने केंद्र और राज्य से यह भी पूछा है कि दोनों सरकारें कोर्ट को बताए कि प्रवासियों को लाने में देरी क्यों हो रही है

इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मैसूर में फंसे प्रदेश के य्वाओं की वापसी के लिए कार्रवाई करने की उनकी मांग पर बंगल्रू से ट्रेन चलाये जाने की पहल का स्वागत किया है एक बयान में उन्होंने हरिदवार और काठगोदाम के लिए ट्रेन चलाने क लिए शासन के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है

प्रधानमंत्री ने कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को डस कहा है